मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित होने के बाद यहां निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान निवेशक राज्य में अस्रक्षित वातावरण के चलते निवेश करने से कतराते थे और कम्पनियां प्रदेश को छोड़ कर जा रही थी लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है और उद्यमी राज्य की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं

उन्होंने कहा कि निवशकों को आकर्षित करने के लिये इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया बड़े बड़ शहरों में रोड शो आयोजित किये गये और उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान की गई जिसका नतीजा यह है कि राज्य में उद्योग स्थापित हो रहे हैं आर पांच लाख करोड़ के निवेश ऑफर आये हैं जिनमें से डेढ़ लाख करोड़ के निवेश पर काम शुरू हो गया है

मूख्यमंत्री ने कहा कि नये और आधूनिक उत्तर प्रदेश में पुलिस को न केवल आधुनिक कार्य प्रणाली के हिसाब से खूद को दक्ष करना है बल्कि उनका कार्य व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि समाज विरोधी तत्वों में भय हो और आम जनता को उनमें विश्वास हो

हम लोगों ने उसके लिये भरपूर सहयोग शासन से करवाया श्री योगी ने लखनऊ में पदेश की अपनी पुलिस अकादमी खोले जाने और पुलिस तथा फौरेंसिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता बताई उच्चतम न्यायालय राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा मुख्य याचिकाकर्ता एम सिद्दीक और ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा है कि उन्हें इस मुकदमे के लिए धमकियां मिली हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है हर राष्ट्र को इससे निपटने में योगदान करना होगा

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा से इस दिशा में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने इस आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के विषय पर सार्थक वार्तालाप की उम्मीद भी जताई विदेश मंत्रालय ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी से बाहर रह गये लोगों को हिरासत में नहीं लिया जायेगा मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को पहले की तरह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी तथा उनके लिए कानून के तहत सभी रास्ते उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि सूची से बाहर व्यक्ति को विदेशी नहीं माना जायेगा असम सरकार ने ऐसे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है विदेश मंत्रालय ने कुछ विदेशी मीडिया में एनआरसी के बारे में प्रकाशित खबरों का खंडन किया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश के दो हजार पच्चीस तक क्षय रोग टीबी से मुक्त बनाने के आहवान के लिये सभी को आगे आना चाहिये और हर व्यक्ति को टीबी ग्रस्त बच्चे को गोद लेना होगा ताकि देश से टीबी को समाप्त किया जा सके श्रीमती पटेल आज रूहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल वितरित कर रही थी उन्होंने विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों को एक एक गांव गोद लेने का आहवान किया जिससे शैक्षिक विकास संभव हो सके इस अवसर पर राज्यपाल ने पहली बार प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को बुलाकर सम्मानित किया जिससे उनमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक जग सके

लैण्डर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है

बेंगलूरू में इसरो के मिशन कन्ट्रोल केन्द्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरा ने रिमोट से कुछ मिली सेकेण्ड में यह कार्य सम्पन्न किया इस चरण क बाद अब वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान लैण्डर मॉड्यूल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने पर रहेगा इस मॉड्यूल में लैण्डर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं जो इस समय आपस में जुड़े हुए हैं उच्चतम न्यायालय ने शाहजहांपुर कथित यौन शोषण मामले की जांच के लिये प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है आदेश में पुलिस आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विधि छात्रा द्वारा भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानन्द के खिलाफ लगाये गये यौन शोषण के आरोपों की जांच करने के लिये कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस मामले में दर्ज की गई दो क्रास एफआईआर की पूरी जांच निगरानी के लिये पीठ गठित करने के लिये कहा है साथ ही छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिये हैं विगत श्रक्रवार को छात्रा शीर्ष न्यायालय में पेश हुई थी गौरतलब है कि पिछले सप्ताह छात्रा के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस ने स्वामी चिन्मयानन्द के खिलाफ सत्ताईस अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी लड़की के पिता ने उन पर दुष्कर्म और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है स्वामी चिन्मयानन्द ने आरोपों को निराधार तथा उनके खिलाफ षड्यंत्र बताया है हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिये आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नौशाद अली ने अपना नामांकन दाखिल कराया तेईस सितम्बर को होने वाले इस उपचुनाव के नामांकन के लिये चार सितम्बर आखिरी तारीख है

भाजपा के हमीरपुर सदर विधायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद यह सोट रिक्त हुई है गणेश चतुर्थी आज देशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रहो है

महाराष्ट्र में यह त्यौहार विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी सहित मोहर्रम और अनन्त चतुदशी पर्वो के दौरान प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बदोबस्त करने के निर्देश दिये हैं कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों जिला पुलिस प्रमुखों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के दौरान सभी यात्राएं और जुलूस तयशदा मार्गो पर ही निकाले जायेंगे इनके रास्ते नहीं बदले जायेंगे ताजियों की ऊँचाई निर्धारित मानक के अनुसार ही हो जिससे बिजली के तारों और पेड़ा से कोई अड़चन न पैदा हो त्यौहारों के दौरान किसी को भी अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि डीजे बजाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाये